पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी

बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती शबरी सहित अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं बीजाप्र सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में अनेक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क ट्रट गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि ओडिशा में इंद्रावती नदी पर बने बांध से पानी छोड़ने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सैकड़ों गांव में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गांवों को खाली करवा लिया है नदी के तटीय इलाकों में बसे गांवों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग तिरसठ और दो सौ दो पर पड़ने वाले विभिन्न नाले भी उफान पर हैं इसके कारण बीजापुर से गंगालूर भोपालपट्नम से तारलगुड़ा तिमेड़ से सिरोंचा मार्ग बंद हो गए हैं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे उफनती नदी और नालों के समीप ना जाएं बीजापुर जिले में बाढ़ से अब तक करीब पंद्रह सौ एकड़ फसल बर्बाद हो गई है इलाके में करीब पैंसठ मकान पूरी तरह ढह गए हैं और ढाई सौ से अधिक मकानों को नुकसान पहंचा है बाढ़ के कारण अब तक दो लोगों की मौत होने की खबर है बीती रात बासागुड़ा के आवासीय पोटाकेबिन में भी पानी घुस गया जिसके बाद वहां के दो सौ अस्सी बच्चों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है वहीं गरियाबंद में भी कुछ गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से ट्रट गया है हमारे संवाददाता के अनुसार जिले के दस गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं छत्तीसगढ़ को ओडिशा से जोड़ने वाले दो पुलों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है सूखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है जिसके कारण पचास से अधिक स्कूली बच्चे अमलीपदर गांव में फंस गए

इस दौरान राज्य के दक्षिणी भाग में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है वहीं अन्य इलाकों में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है मौसम विभाग के अनुसार इस समय ओडिशा के तटीय क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है जिसकी वजह से प्रदेश में मानसून सक्रिय है डेंगू मौत दुर्ग जिले में डेंगू से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है इस बीमारी से अब तक तेईस लोगों की मौत हो चुकी है वहीं स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि डेंगू से राज्य में केवल सात लोगों की मौत हुई है इस बीच पिछले चौबीस घंटों के दौरान डेंगू से एक स्कूली छात्रा समेत दो लोगों की मौत होने की खबर मिली है इनका इलाज रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था एक ही दिन में दो लोगों की मौत के बाद भिलाई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आज छावनी से नंदिनी जाने वाले मार्ग पर चक्काजाम कर दिया ये लोग दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे

जिला प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने यह चक्काजाम समाप्त किया भिलाई और रायपूर में पिछले क्छ दिनों के दौरान डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है उधर स्वास्थ्य आयुक्त आर प्रसन्ना ने रायपुर में पत्रकारों को बताया कि डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इसके अलावा पांच शहरी मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाया जा रहा है और पीड़ितों की जांच की जा रही है डेंगू की पुष्टि के लिए राज्य में सात सेंटिनल सर्विलेंस चिकित्सालय बनाए गए हैं ये चिकित्सालय रायपूर मेडिकल कॉलेज बस्तर राजनांदगांव रायगढ़ सरगुजा और जिला चिकित्सालय बिलासपुर तथा कोरबा में बनाए गए हैं श्री प्रसन्ना ने बताया कि डेंगू पॉजीटिव की पुष्टि होने के बाद मरीज को डेंगू रैपिड किट दिए जा रहे हैं

राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद आज सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है वे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति एसएन श्रीवास्तव की जगह लेंगे न्यायमूर्ति एसएन श्रीवास्तव इसी माह सेवा मुक्त होने वाले हैं टीपी शर्मा इस समय छत्तीसगढ़ लॉ कमीशन के चेयरमैन है वे सात साल तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं इससे पहले वे विधि विभाग के प्रमुख सचिव भी थे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं श्री शर्मा पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए हैं

कल भारतीय जनता पार्टी की रायपुर में हई बैठक में तय किया गया कि सभी जिलों के जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में अस्थि विसर्जन करेंगे इसके लिए सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कल नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को अटल जी का अस्थि कलश सौंपेंगे और कल ही इस अस्थि कलश को रायपुर लाया जाएगा कलश लेने के लिए माना के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ प्रदेश के मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे बाईस अगस्त को रायपुर के साथ धमतरी और गरियाबंद से कलश यात्रा निकलेगी जो एक साथ राजिम पहुंचेगी राजिम में महानदी के त्रिवेणी संगम पर अटल जी की अस्थियों को पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित किया जाएगा इसके अलावा राज्य की दस हजार ग्राम पंचायतों में शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा राजीव गांधी जयंती राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चौहत्तरवी जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है राजधानी रायपुर में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राजीव गांधी की जयंती मनाई गई इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश के विकास में राजीव गांधी के योगदानों को याद कर उन्हें श्रद्वांजलि दी सद्भावना दिवस पर आज सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता और सद्भावना की शपथ दिलाई गई

मतदाता सूची में नाम जोड़ने अपात्रों के नाम विलोपित करने और त्रुटिपूर्ण नामों को संशोधित करने का कल अंतिम दिन है इसी पुनरीक्षण के आधार पर आगामी सत्ताईस सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और इसमें दर्ज मतदाता ही इस निर्वाचन में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोग के निर्देश पर नए नाम जोड़ने हटाने और संशोधन करने का काम किया जा रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अधिकारी कल सुबह साढ़े दस बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का लाभ अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल राजधानी रायपुर में एक शिविर लगाया जा रहा है जिला व्यापार और उद्योग केंद्र तथा बैंकों की मदद से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा यह शिविर लगाया जाएगा कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता है या फिर अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है उन्हें यह लोन दिया जाएगा

आज सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है राजधानी रायपुर के महादेव घाट सहित अन्य मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है मंदिरों में आज भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रंगार किया गया है प्रदेश के अन्य जिलों में भी सावन सोमवार के मौके पर मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है महासमुंद जिले की ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में आज हजारों कांवरियों ने गंधेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया महासमुंद के अलावा बलौदाबाजार गरियाबंद सहित प्रदेश के अन्य जिलों से आए श्रद्वालुओं ने भी आज गंधेश्वर महादेव की विशेष पूजा अर्चना की